प्रदेश में मुख्यमंत्री ग्रामीण पथ विक्रेता योजना में चौथी बार हितग्राहियों को एक साथ ऋण वितरण किया जा रहा है

योजना को सरल एवं पारदर्शी बनाने के लिए कामगार सेतु पोर्टल बनाया गया है

पश्चिम बंगाल के राज्यपाल और विश्वमारती के रेक्टर जगदीप घनखड़ और केंद्रीय शिक्षा मंत्री डॉ रमेश पोखरियाल निशंक इस अवसर पर उपस्थित रहेंगे

देश का यह सबसे पुराना केंद्रीय विश्वविद्यालय है

डॉ जयशंकर ने कहा कि वैक्सीन पर अंतर्राष्ट्रीयवाद की भावना को बढ़ावा देना चाहिए

प्रधानमंत्री ने वर्चुअल माध्यम से तीन परियोजनाओं का उदघाटन किया इस अवसर पर श्री मोदी ने कहा कि स्वच्छ ऊर्जा स्रोतों की अत्यधिक आवश्यकता है जो भारत का भविष्य भी है

उन्होंने आश्वारसन दिया कि सरकार देश की बढती ऊर्जा मांगों को पूरा करने के लिए प्रयास कर रही है श्री मोदी ने कहा कि तेल और गैस की मांग पूरी करने के लिए परियोजनाएं शुरू की गई हैं परिवहन परिवहन एवं राजस्व मंत्री श्री गोविंद सिंह राजपूत ने यात्री बसों के प्रभावी और सुव्यवस्थित संचालन के लिये प्रदेशव्यापी अभियान चलाने के निर्देश अपर मुख्य सचिव परिवहन को दिये हैं उन्होंने कहा कि प्रदेश में विशेष चेकिंग अभियान भी चलाया जाये

इनमें से कोई भी कमी पाये जाने पर संबंधित के विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी परिवहन मंत्री ने कहा कि यात्री वाहनों के दुर्घटनाग्रस्त होने की एक वजह वाहनों का निर्धारित गति से अधिक रफ्तार से चालन भी है यात्री बस के ड्रायवर कंडक्टर अधिक सवारियों के लोम में तेज गति से वाहन दौड़ाते हैं जिससे वाहनों की तेज गति द्र्घटना का कारण बनती है उन्होंने कहा कि इस पर अंकृश लगाने के लिये यात्री बसों में स्पीड गवर्नर लगाये जाने के संबंध में पूर्व में निर्देशित किया गया था

भारत सहित अफगानिस्ताजन बंगलादेश भूटान मालदीव मॉरिशस नेपाल पाकिस्तान सेशल्स और श्रीलंका इस कार्यशाला में भाग लेंगे भारत के स्वास्थ्य सचिव इसकी अध्यक्षता करेंगे

वे धूबरी फुलबारी पुल की आधारशिला रखेंगे और माजुली सेतु के निर्माण के लिए भूमिपूजन करेंगे